मण्डी जिले के करसोग में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि ततापानी को मुख्य धार्मिक व पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने छः माह के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गो का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जयराम ठाकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का चार वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो की आधरशिला भी रखी

मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल माारकंडा ने कहा है कि हस्तशिल्पियों की कलाकृतियों को सरकारी कार्यक्रमों में समृति चिन्हों में भी प्रयोग किया जाएगा

रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश के शिल्पकारों व हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हिमकला दर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि हिमाचल के हस्तशिल्पियों को अन्य राज्यों के शिल्पकारों के साथ संवाद और कलाकृतियों के आदान प्रदान के अवसर भी मुहैया करवाए जाएंगे ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिल सके उत्सव में मंडी कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के हस्तशिल्पी भाग ले रहे हैं

वन रक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कल शाम उन्होंने कहा कि वन संपदा के सरंक्षण में वन रक्षकों की अहम भूमिका रहती है

वन मंत्री ने बताया कि गर्मियों में वन संपदा को बचाने के लिए वन रक्षकों को सुरक्षा यंत्र दिए जाएंगे और क्राउन फायर से निपटने के लिए अगले वर्ष हैलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाएगा

इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोसाईटी द्वारा जरूरतमद लोागों को राशन वितरित कर समाज सेवा की अनोखी पहल की गई है और इसमें सभी को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए सहजल ने कहा कि सोसाईटी द्वारा रोटी बैंक स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से निर्धन परिवारों को राशन दिया जा रहा है जो एक सहरानीय कदम है

खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने दलाई लामा के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की किशन कप्र ने कहा कि तिब्बती धर्मगुरू के उपदेशों के अनुसरण से विश्व में शांति व अहिंसा के वातावरण का निर्माण संभव है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उनके प्रयास व चिंतन प्रेरणादायी है उधर किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ के छोसखोरलिंग बौद्ध सेवा संघ ने भी इस मौके एक समारोह आयोजित किया विधायक जगत सिंह नेगी और संघ के लामाओं ने दलाई लामा की लंबी आयु और स्वस्थ्य जीवन की कामना की